विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली से पहला जत्था रवाना किया विदेश मंत्री ने तीर्थयात्रा के आयोजन में चीन के सहयोग की सराहना की है

आईटीबीपी की टीम नंदा देवी ईस्ट की तरफ से अपनी टीम भेजेगी वहीं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन यानी आईएमएफ की टीम पिंडारी की तरफ से जाएगी और लापता लोगों की तलाश करेगी बागेश्वर से टीम आज पिंडारी ग्लेशियर की ओर रवाना हो गई है इस दल का नेतृत्व पर्वतारोही ध्रुव जोशी कर रहे हैं बुधवार से शवों की तलाश का कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि रेस्क्यू अभियान के लिए जा रही दोनों टीमों में विशेष पर्वतारोहियों के साथ ही संचार और मेडिकल टीम शामिल रहेगी दो जुलाई तक रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा पूरी टीम को हेलीकाप्टर के जरिए बेस कैम्प में छोड़ा जायेगा ये दुनिया के सबसे कठिन अभियानों में से एक होगा जिला प्रशासन ने आईटीबीपी एसडीआरएफ एनडीआरएफ और वायुसेना के साथ मिलकर इस योजना को अंतिम रूप दिया है

लेकिन मौसम की खराबी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इन शवों को नहीं निकाला जा सका था इसके बाद प्रशासन द्वारा रेस्क्यू अभियान बंद कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर बर्फ में पड़े इन शवों को निकालने की तैयारी शुरू की जा रही है

देहरादून में सिंचाई व पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये की गर्मियों में प्रदेश में कही भी पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए उन्होंने यात्रा मार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था के भी निर्देश दिये उन्होंने देहरादून में बनने वाला सोंग बांध को देश के मॉडल बांध के रूप में विकसित करने और गैरसैंण गगास खरकोट ल्वाली और लोहाघाट आदि में बनने वाली झीलों के निर्माण में तेजी लाने को कहा

यात्रा व्यवस्थाओं में लापरवाही देख उन्होंने गौरीकुंड के सेक्टर मजिस्ट्रेट का तबादला केदारनाथ कर दिया इसके साथ ही जलसंस्थान के सहायक अभियंता और अवर अभियंता के निलंबन की संस्तृति की है जिलाधिकारी ने गौरीकुंड में सुलभ शौचालयों में गंदगी देख सुलभ इंटरनेशनल पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है उन्होंने पुलिस अधीक्षक को गौरीकुंड के चौकी प्रभारी को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिये मंगेश घिल्डियाल ने शनिवार आधी रात को यात्रा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया यात्रियों ने जिलाधिकारी से पानी की सूखी टंकियों गंदगी से पटे शौचालय और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक चल रही शटल सेवा में अनियमितता की शिकायत की

देहरादून में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट में त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए सभी प्रकार के क्लियरेंस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिए जाएं उन्होंने प्रोजेक्ट से सम्बन्धित सभी विभागों को आपसी सहयोग से कार्य करने और गेल गैस लिमिटेड को सिटी गेट स्टेशन और सीएनजी स्टेशन के लिए भूमि चयन का काम पूरा करने के भी निर्देश दिये मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण में यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पीएनजी कनेक्शन के माध्यम से घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी

राज्य के विभिन्न हिस्सों में जगह जगह विभिन्न संस्थाओं द्वारा योगाभ्यास किया जा रहा है जहां विभिन्न आसनों के जरिए युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को अलग अलग बीमारियों से मुक्ति के उपाय बताए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करेंगे पिछले वर्ष इस तरह का कार्यक्रम देहरादून के एफआरआई के मैदान में किया गया था सुबह सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया था इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे योग से निरोग रहने के लिए बढ़ रही जागरुकता का असर शहरों के साथ ही गांवों और कस्बों में भी दिखाई पड़ने लगा है जगह जगह लोग योग गुरू के नेतृत्व में योगासन और प्राणायम कर रहे हैं जानकारों का मानना है कि योग और प्राणायम के जरिए शरीर और मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जा सकता है

पौड़ी जिले में श्रीनगर के पास एक बस अनियंत्रित हो कर सड़क पर पलट गई

बस के ड्राइवर ने बताया कि गलत तरीके से बाइक चला रहे व्यक्ति को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई इस हादसे में दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं बाकी बच्चों को हलकी चोटें आई हैं घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ले जाया गया वहीं अल्मोड़ा में द्वाराहाट तहसील के अंतर्गत मासी बराखाम मोटर मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई

यह एक अत्यधिक संवेदनशील डिटेक्टर है आईआईटी रुड़की के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर और शोधकर्ता छात्रों ने एक इस सेंसर की खोज की है जो डिटेक्टर की तरह काम करेगा साथ ही इसका प्रयोग भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है संस्थान के प्रोफेसर सौमित्र सतपथी ने बताया कि सबसे ज्यादा फायदा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के लिए होगा इसलिए इस सेंसर को लेकर उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया इस अवसर पर उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा खेती करने की अपील की मानिला महोत्सव में सासंद अजय टम्टा ने कहा कि इस तरह के आयोजन पहाड़ों की ओर लोगो को आकर्षित करेंगे और पलायन रोकने में कारगर सिद्ध होंगे

इस कारण सरकारी और गैर सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं अब तक फॉल्ट का पता नहीं चल सका है ब्रॉडबैंड सेवा ठप होने से जिले के तहसील कलक्ट्रेट विकास भवन में इंटरनेट सेवा नहीं चल पा रही हैं जिससे विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र आधार कार्ड पैनकार्ड समेत अन्य दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं